मंडी संसदीय क्षेत्र के खराहल घाटी के त्राम्बली में आज एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि एनडीए सरकार ने हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की है जिनका लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात जवानों की कार्रवाई पर विश्वास नहीं करती और देशद्रोहियों को मजबूत व सेना की शक्तियों को कम करना चाहती हैं उन्होंने पार्टी प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के लिए लोगों से समर्थन मांगा शांता क्मार वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता क्मार ने दावा किया है कि भाजपा देश भर में पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी आज शिमला में पत्रकार वार्ता में शांता कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है लेकिन इस समय विपक्ष बिखरा हुआ है और कहीं भी नजर नहीं आ रहा है

मौसम का परा चढ़ने के साथ ही सियासी पारा भी जोर पकड़ रहा है दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं कर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं इसी कड़ी में मण्डी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने आज नाचन विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सांसद पांच वर्षो तक विकास करवाने में असफल रहे हैं और संसदीय क्षेत्र के मुददों को संसद में उठाने की भी कोई कोशिश उन्होंने नहीं की रामस्वरूप मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि देश भर में भाजपा को भारी बहमत मिल रहा है और हिमाचल में भी चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत होगी आनी विधानसभा क्षेत्र के निरमंड में आज विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि आया राम और गया राम की राजनीति ज्यादा समय नहीं चल पाएगी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि लोग मौका परस्त लोगों को इस चुनाव में करारा जवाब देंगे स्टोक्स वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर व शिमला से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल के साथ ठियोग कुमारसेन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार आने से विकास कार्य ठप्प हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की खस्ता हालत सहित विभागों में स्टाफ की कमी से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस अवसर पर धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही देश की एकता व अखंडता को कायम कर सकती है जबकि भाजपा अवसरवाद की राजनीति करती है अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर एक नए भारत की परिभाषा लिख रहा है झंडुता विधानसभा क्षेत्र में अनेक स्थानों पर आज एक दर्जन से अधिक जनसंवाद कार्यकमों में उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है और इस बात को देश का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार देश को दिए हर जख्म का बदला लेने में सक्षम है और दुश्मन की हर कार्रवाई का करारा जवाब दिया गया है रामलाल ठाक्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विकास के मामले में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है मण्डी जिले के धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान के तहत नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करते हए उन्होंने ये बात कही

पूर्वाभ्यास लोकसभा चुनाव प्रकिया के सफल संचालन के लिए चुनाव डियूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है इसी के तहत मण्डी संदर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव डियूटी में लगे कर्मचारियों को आज मण्डी में दूसरे चरण की रिहर्सल करवाई गई

इधर शिमला के संजौली महाविद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में मतदान पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया